लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें निर्वाचन आयोग के सी विजिल एप में की जा सकती है

यह मुठभेड त्राल के पिंगलिश इलाके में हुई

श्रीनगर में कल एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लों ने यह जानकारी दी श्री ढिल्लों ने बताया कि खालिद के कोड नाम से जाना जाने वाला पाकिस्तानी मूल का दूसरा आतंकी भी मारा गया है इस अवसर पर सीआरपीएफ के महानिरीक्षक जुल्फीकार हसन और कश्मीर पुलिस के महानिरीक्षक एस पी पाणी भी मौजूद थे

राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने कल एक पाकिस्तानी महिला द्वारा दायर याचिका में इस मामले से जुड़े कुछ सबूत उसके पास होने के बाद फैसले को स्थगित कर दिया

उन्होंने एक लिखित बयान दाखिल किया है इसके साथ ही एजेंसी ने अलगाववादी नेता सैय्यद अली गिलानी के बेटे नसीम गिलानी को भी सम्मन भेजकर कल पेश होने को कहा था लेकिन नसीम गिलानी भी एनआईए के सामने पेश नहीं हुए गौलतलब है कि एनआईए ने आतंकी फडिंग मामले में दोनो को सम्मन भेजा था

यह एडवांस रॉकेट था जो जीपीएस जैसे नेविगेशन सहित अत्याधुनिक नियंत्रित प्रणाली से युक्त था पिनाक के पूरे मार्ग को ट्रेक किया गया

पड़ौसी देश के साथ तनाव के बीच यह परीक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है

साथ ही दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी पार्टियों के चुनाव अभियान की दिशा तय करने में जुट गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सतीश प्रनिया ने जयपुर में कहा कि पार्टी के प्रत्याशियों का चयन का काम जल्दी शुरू होगा पार्टी योग्य उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में उतारेगी श्री पूनिया ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि तबादला प्रकिया उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई है और कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को चुन चुनकर दूर भेजा जा रहा है दूसरी ओर कांग्रेस में भी चुनाव तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है

शत्र् संपत्ति ऐसी संपत्तियां हैं जो पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा भारत में छोड़ दी गई थी

इसके जरिये तीन तलाक को अमान्य और गैर कानूनी करार दिया गया है इसे एक दण्डनीय अपराध माना गया है जिसके तहत तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है

आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान पड़ने वाले मुख्य त्योहार ईद और जुमे के दिन मतदान नहीं कराये जा रहे हैं तृणमुल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रमजान के महीने में चुनाव कराये जाने पर सवाल उठाये हैं

जयपुर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए श्री क्मार ने कहा कि सभी दल अपनी अपनी जनसभाओं रैलियों और वाहन के संबंध में प्रशासन र्से समय पर अनुमति अवश्य ले लें उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं छूटे इसके लिए नामांकन दाखिल होने के दस दिन पहले तक नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया जा सकता है

खाद्य सुरक्षा के राज्य नोडल अधिकारी डॉ सुनील सिंह ने बताया कि विभाग की टीम द्वारा विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में श्री करनी इंडस्ट्रीज पर छापा मारा गया तो वहां मिर्ची के डंठल से घटिया धनिया बनाया जा रहा था

श्री सिंह ने बताया कि जब्त किये सभी मसालों के सैंपल लिये गये हैं और नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है